मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर जारी आंकड़ों के अनुसार तेईस मार्च को संक्रमितों की संख्या एक सौ ग्यारह थी जबकि चौबीस को एक सौ सत्तर और पच्चीस मार्च को अचानक दो सौ अंठावन हो गयी विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि केन्द्र सरकार को रेलगाड़ियों के खुलने के स्थान पर ही लोगों की कोरोना जांच कराने के लिए पत्र भेजा गया है उन्होंने कहा कि होली के अवसर पर काफी संख्या में बाहर से लोग आ रहे हैं जिससे महामारी के फैलने की आशंका बढ़ गयी है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्टेशनों बस अड्डों और बाजारों में जांच अभियान चला रहा है वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोग सचेत और जागरूक रहें होली पर्व पर प्ररी सावधानी बरतें प्रदेश में अब तक तेईस लाख सैंतालीस हजार तीन सौ संतानवे लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक लाख दो हजार एक सौ बानवे लोगों को कोविड उन्नीस का टीका लगाया गया जिनमें छियानवे हजार सात सौ संतानवे को पहला और पांच हजार तीन सौ पंचानवे लोगों को टीके के दूसरी डोज दी गयी इधर समाज कल्याण विभाग ने कहा है कि वृद्धावस्था पेंशनधारक यदि कोविड का टीका लगवाते हैं तो उनका टीका स्थल पर ही जीवन प्रमाणीकरण हो जायेगा और इसके लिये उन्हें प्रखंड कार्यालय नहीं जाना होगा प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के दो सौ अंठावन नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक चौवन मामले पटना से सामने आये हैं अररिया में पचास बेगूसराय में तेईस रोहतास में पन्द्रह समस्तीपुर में चौदह तथा भागलपुर और जहानाबाद में तेरह तेरह नये संक्रमितों की पहचान हुई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी अवधि में अंठावन मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख चौसठ हजार एक सौ अंठानवे है स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव शून्य छह प्रतिशत है वहीं प्रदेश में कोविड से दो मरीजों की मौत हो गयी है जिससे राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ सड़सठ हो गयी है देशभर में कोविड उन्नीस संक्रमण से बचाव के लिए अब तक पांच करोड छियालीस लाख लोगों को टीके लगाये जा चुके हैं इनमें अस्सी लाख स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की पहली और इक्यावन लाख को दूसरी डोज दी गई है अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं में पचासी लाख को पहली और तैंतीस लाख को दूसरा टीका लगाया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक साठ वर्ष से अधिक आयु के दो करोड बयालीस लाख से अधिक लाभार्थियों और विभिन्न बीमारियों से पीडि़त पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के चौवन लाख तीस हजार से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया है दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर अनूप कुमार ने कहा है कि कोविड के अधिकतर मामले पैंतालीस वर्ष के ऊपर के लोगों में पाये गये हैं

आप लोग जो होली एन्जॉय करेंगे लेकिन ये एन्जॉयमेंट के साथ साथ हम लोग को फिर से मैं बोलेगा एस एम एस प्रोटोकॉल को फोलो करना है सोशल डिस्टेंसिग मॉस्क एण्ड सेनिटाइजशन इसके साथ हम लोगों को होली मनाना है केन्द्र सरकार पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए एक अप्रैल से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है पहली जनवरी उन्नीस सौ सतहत्तर से पहले जन्मे सभी लोग यह टीका लगवा सकते हैं चाहे उन्हें कोई बीमारी हो या ना हो कोविड व्यवस्था के तहत टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराकर समय लिया जा सकता है

लोगों को किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है सरकार के पास एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो नियमित तौर पर टीके के आवंटन क्ल खपत और शेष खुराक और पुनरू आपूर्ति की आवश्यकता की निगरानी करती है

कोविशिल्ड की दो खुराक के बीच के समय अंतराल को मौजूदा चार से छरू सप्ताह से बढ़ाकर चार से आठ सप्ताह कर दिया गया है चार से आठ सप्ताह के इस विस्तारित सयम अंतराल में अगर टीका छरू से आठ सप्ताह के बीच लिया जाता है तो सुरक्षा अधिक होगी

दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राज्य सरकार से पिछले दिनों विधानसभा पुलिस कर्मियों द्वारा विधायकों के साथ दुर्व्यवहार मामले में दोषी पुलिस कर्मियों की पहचान करने का निर्देश दिया है वहीं विधानसभा में हंगामे की घटना के दौरान विधायकों के व्यवहार की जांच आचार समिति करेगी विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सदन की गरिमा का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सबकी है उन्होंने कहा कि समिति विधायकों के व्यवहार की समीक्षा करेगी और दोषियों पर कार्रवाई तय करेगी हरियाणा की तर्ज पर बिहार में पटना उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों और उनके परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी स्वास्थ्य विभाग ने न्यायालय की ओर से जारी इस आदेश को लागू कर दिया है इसके साथ ही राज्य सरकार के बिना अनुमति के भी न्यायाधीश या उनके परिजन निजी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे इसके लिए उच्च न्यायालय के निबंधक न्यायाधीशों और उनके परिजनों के लिए पहचान पत्र जारी करेंगे जिसे स्वास्थ्य विभाग अपनी वेबसाईट पर अपलोड करेगा राज्य सरकार ने कहा है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम से राज्य की केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बलों पर निर्भरता कम होगी पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने कहा है कि किसी भी आरोपी को पकड़ने के बाद आगे के अनुसंधान का कार्य संबंधित क्षेत्र के थाने की पुलिस करेगी इस विधेयक में सैन्य पुलिस यानी बीएमपी को सीआरपीसी के तहत बहुत ही सीमित अधिकार दिये गये हैं इसे लेकर गलतफहमी नहीं होनी चाहिए

इसके साथ ही मतदान कोन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी अगर कोई व्यक्ति मतदान के दौरान गड़बडी करता है तो उसे गिरफ्तार करा सकेंगे वहीं मतदान के बाद एक चक्र में ही मतगणना की जायेगी किसी भी परिस्थिति में प्रत्याशी के एजेंट ईवीएम मशीन को छू नहीं सकेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आज अपराहन तीन बजे इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी करेगा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी परिणाम की घोषणा करेंगे उन्होंने कहा कि छात्र बोर्ड के वेबसाइट पर रोल नम्बर और जन्मतिथि डालकर अपना परिणाम देख सकते हैं राजधानी पटना के पुलिस लाईन में कल हुई अगलगी की घटना में लाखों रूपये के सामान के साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जल कर नष्ट हो गये मामले की छानबीन की जा रही है पटना जिले के परिवहन विभाग में बीएस फोर वाहनों के निबंधन में अनियमितता करने के आरोप में लिपिक अमित कुमार गौतम को निलंबित कर दिया गया है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 हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है पर्व त्योहारों पर विशेष सतर्कता रखें दैनिक जागरण ने उच्चतम न्यायालय के सेना में महिला अधिकारियों से जुड़े एक फैसले पर लिखा है पुरूषों द्वारा पुरूष के लिए की गयी समाज की संरचना प्रभात खबर ने आज सीएम राजगीर में नये रोप वे व नेचर सफारी का करेंगे उद्घाटन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर राजधानी पटना के एक्शन प्लान पर खबर दी है जाम मुक्त पटना के लिए क्षेत्रवार बनेगा यातायात थाना दीघा व सोनपुर में डम्प होगा शहर का कचरा दैनिक आज की बड़ी खबर है विपक्ष का बिहार बंद आज पुलिस अलर्ट और अब अंत में मुख्य समाचार बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से हो रही है वृद्धि